राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुये प्रदेश के जिला मुख्यालयों अनुमंडल मुख्यालयों समेत सभी शहरी क्षेत्रों में इकतीस मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने दि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट अठारह सौ संतानवे की धारा दो की तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इसे लागू किया है लॉक डाउन के तहत सभी तरह के आवागमन पर रोक रहेगी इसके साथ ही निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखा जायेगा इस दौरान दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं डेयरी किराना दुकानें फल सब्जियों के दुकाने दवा दुकाने पेट्रोल पंप एलपीजी गैस एजेंसी पोस्ट ऑफिस कुरियर सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों को लॉक डाउन से बाहर रखा गया है बिहार में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है मुंगेर को रहने वाले अड़तीस साल के एक व्यक्ति की पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इलाज के दौरान मौत हो गयी एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह के अनुसार उसे बीस मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था मोहम्मद सैफ अली नाम का यह व्यक्ति हाल ही में कतर से लौटा था

एम्स में भर्ती एक महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है

कोरोना वायरस की मौत के बाद बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्पन्न हालात को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के समी अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल इधर मुंगेर के सिविल सर्जन डॉक्टर पुरूषोत्तम कुमार ने बताया है कि जिला प्रशासन की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुंगेर के चुरम्बा मोहल्ला निवासी इस व्यक्ति के सम्पर्क में कौन कौन लोग आये और इसका मुंगेर में किन किन चिकित्सकों ने इलाज किया है उन्होंने कहा कि सूची बनाने के बाद जिला प्रशासन शीघ्र ही मृतक के भ्रमण वाले इलाकों को सैनिटाईज करने का काम शुरू कर देगा सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मानक दिशा निर्देश को अनुसार मृतक के शव को दफना दिया गया है इधर मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने चुरम्बा मोहल्ला निवासी मरीज की मौत के बाद उसके अन्य लोगों से सम्पर्क की जांच के लिए छह सदस्यी जांच टीम गठित की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कोरोना वायरस के संक्रमण से युवक की मौत पर गहरी शोक सम्वेदना व्यक्त की है उन्होंने मुंगेर जिला प्रशासन को मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रूपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी के लक्षणों और अपने भ्रमण इतिहास को नहीं छुपाये तथा लक्षण नजर आने पर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल से सम्पर्क करें कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर आज बिहार सहित पूरा देश स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है आज सुबह सात बजे से शुरू हुआ जनता कर्फ्यू रात नौ बजे तक चलेगा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय अपील में लोगों से आज जनता कर्फ्यू के दिन घरों से बाहर नहीं जाने को कहा था

इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले न सड़क पर जाएं ना मोहल्ले में ना सोसायटी में इकठ्ठे हों अपने घरों में ही रहें साथियों हमारा ये प्रयास हमारे आत्म संयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक है जनता कर्फ्यू के दौरान राजधानी पटना सहित प्रे प्रदेश में सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन का परिचालन बंद है दरभंगा मधुबनी शेखपुरा समस्तीपुर मूजफ्फरपूर वैशाली कटिहार मूंगेर पश्चिम चम्पारण औरंगाबाद जमूई बक्सर गया और रोहतास सहित अन्य जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि सभी लोग अपने घरों में रह कर जनता कर्फ्यू का व्यापक समर्थन कर रहे हैं संवाददाताओं ने बताया है कि सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है हालांकि दवा सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को जनता कर्फ्यू से अलग रखा गया है इधर प्रधानमंत्री की अपील पर प्रदेश सहित प्रेर देश के लागों ने आज शाम पांच बजे पांच मिनट तक ताली थाली और घंटी बजाकर कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति अपना आभार प्रकट किया बाईट प्रादेशिक समाचार एकांश भी आप सभी से अपील और अपेक्षा करता है कि आपदा के समय आप अपनी सतर्कता से व्यवस्था को सहयोग करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को उनकी अपील पर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लम्बी लड़ाई में विजय की यह केवल शुरूआत है उन्होंने कहा कि सभी देशवासी इसी संकल्प और संयम के साथ कोरोना वायरस से एक लम्बी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ अन्य मंत्रियों ने भी सेवा प्रदान करने वालों के लिए आभार व्यक्त किया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है श्री चौबे ने कहा कि जागरूकता स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाकर हम इस बीमारी से निपट सकते हैं इधर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना की चुनौतियों से मुकाबला के लिए यह अंत नहीं बल्कि एक शुरूआत है भारतीय रेलवे ने आज आधी रात से इकतीस मार्च की आधी रात तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज इसकी घोषणा की आज सुबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाड़ियों को आगे गंतव्य तक जाने दिया जाएगा देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों की सेवा जारी रहेगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेन रद्द होने के कारण इक्कीस मार्च तक अपने टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरी धनराशि वापस की जायेगी इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार को उनके अनुरोध पर ट्रेन सेवा और अन्तर्राज्यीय बस सेवा को बंद करने के लिए धन्यवाद दिया है वहीं श्री कुमार ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कुछ दिनों के लिए बिहार की विमान सेवाओं को भी स्थगित करने का अनुरोध किया है इधर देशभर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के तीन सौ इकतालीस मामले सामने आए हैं जिनमें से पांच की मौत हो चुकी है संक्रमित लोगों में इकतालीस विदेशी नागरिक हैं केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल को इक्कीस सदस्यों वाली इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक समिति के सह अध्यक्ष बनाये गये हैं इस समिति के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है

अगर किसी क्राउडिड एरिया में जाना जरूरी नहीं है तो ना जाए घर में रहे अगर हमे जुकाम नजला खांसी है तो हम अपने आपको सेल्फ क्वरेंटाइन करें हाथ अपने रेगुलररी धोयें अगर हम ये सब कदम लेंगे तो हम पेंडेनेमिक की नंबर ऑफ केसिस को कम कर सकते हैं मोटेलिटी कम कर सकते हैं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 बाईट लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा गया है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है सार्वजनिक स्थल पर न थकने के निर्देश का कडाई से पालन करने को कहा गया है

इस्तेमाल टिशू को तुरंत बंद डिब्बों में ही फेंकें बुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढंके होने चाहिए

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी हेल्य लाइन नंबर जारी किए हैं केंद्र सरकार ने कोविड नाईंटीन के बारे में पूछताछ के लिए व्हाट्सएप चैट बोट भी शुरू किया है लोग अपने व्हाट्सएप पर नब्बे तेरह पन्द्रह पन्द्रह पन्द्रह नम्बर पर कोरोना से जूड़े सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं